मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में उनसे मिलने आए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसके लिये राज्य में विभिन्न अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है इस मौके पर निगम के प्रबंध निदेशक मनोहर कुमार ने प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में निवेश की इच्छा जताई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र की जंगेशू पंचायत में शिलोराखुर्द कलांटिप्परा संपर्क मार्ग के भूमि पूजन के बाद एक जनसभा में यह जानकारी दी

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में नशा मुक्ति को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए कांग्रेस पूरा समर्थन व सहयोग करेगी ऊना जिला के पंडोगा में हरोली ब्लॉक कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सख्त कानून बनने से युवा वर्ग नशे के चंगुल से बाहर निकल कर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा सकते है अग्निकांड शिमला जिला के रामपुर उपमण्डल के सेरीबासा गांव में कल रात भीषण अग्निकांड में तीन मकान जलकर राख हो गए आग की चपेट में आए प्रभावितों ने भाग कर अपनी जान बचाई और मवेशियों को भी सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे इसमें एक करोड़ की सम्पति जल कर नष्ट होने का अनुमान है रोहड् के डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि अग्निकांड में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है सीबीआई की शिमला ब्रांच करेगी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच दिव्य हिमाचल के शब्द हैं स्कॉलरशिप घोटाला सीबीआई के हवाले सरकार ने पुलिस जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने के बाद लिया निर्णय जबकि पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल सरकार ने सीबीआई को सौंपी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच राफेल मामले पर जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा इसी अखबार ने जगत प्रकाश नड्डा के बयान को भी प्रमुखता दी है शीर्षक है कांग्रेस ने किया देश व सेना का अपमान देश से माफी मांगें सोनिया और राहुल

दिव्य हिमाचल की एक खबर है अस्पतालों को जेनेरिक के नाम पर खरीदी जा रही महंगी दवाएं आईजीएमसी के एक केस ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल

चपरासी बनने पहुंचे एमबीए एमसीए बीटेक पास नौजवान धर्मशाला सत्र न्यायालय में दे रहे हैं साक्षात्कार अमर उजाला की एक खबर है चार फीट बर्फ गिरने के बाद रोहतांग हुआ पैक मनाली डलहौजी खजियार की तरफ बढ़े पर्यटकों के कदम शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय शिक्षण संस्थानों में हुड़दंग में लिखता है कि शैक्षिक संस्थानों में हिंसा के ज्यादातर मामलों में बाहरी तत्त्व ही संलिप्त होते हैं लेकिन इनसे संस्थान की प्रतिष्ठा अवश्य प्रश्नांकित होती है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि तीन सेना प्रशिक्षण केन्द्रों में सैकड़ों युवा सरहद पर पराक्रम दिखाने के लिये तैयार होंगे प्रदेश में पूर्व सैनिकों को मिलाकर करीब अढ़ाई लाख सैनिक हैं